उन्होंने कहा कि अधिनियम को संशोधित करने से नागरिकता देने का दायरा बढ़ा है प्रधानमंत्री कल स्वामी विवेकानंद की जयन्ती के अवसर पर पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ में सभा को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि यह कानून नागरिकता देने के बारे में है न कि लेने के उन्होंने नया भारत बनाने के स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करने के लिए युवाओं से सहयोग मांगा उन्होंने युवाओं के एक वर्ग को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में गुमराह किये जाने की आलोचना की कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के एक सौ प आस वर्ष प्ररे होने पर आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने इसका नाम बदलकर स्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने की घोषणा की उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर तरह की मदद का आश्वासन भी दिया

ईस्ट कामेंग जिले के बाना में आयोजित सारोक उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना समान रुप से सरकार का दायित्व हैं श्री खांडू ने बाना में आई टी आई लुमडुंग में एकलव्य आवासीय विद्यालय नाराबा में समन्वित जल संरक्षण प्लांट यार्पिंग में इको टूरिज्म पार्क और रिच्रक्रांग क्लस्टर श्यामा प्रशाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की आधारशिला रखी उत्सव समारोह के दौरान स्थानीय जनजातियों द्वारा लोकनृत्य प्रस्तुत किया गया राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जिला उपायुक्त कोमकर दुलोम और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने परियोजना क्षेत्र के आसपास के लोगों से निर्माण कार्य म्रं सहयोग के लिए वाहनों की पार्किंग दिशा निर्देश के अनुसार करने की अपील की जिला प्रशासन ने लोगों से शहरीय क्षेत्र में पश्पालन न करने की चेतावनी दी जिला प्रशासन ने कहा है कि इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्र आई की त्जाग्गी केंद्रीय यूवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार देश की यूवा प्रतिभाओं को उच्च स्तर की सूविधाएं उपलब्ध कर रही है और दो हजार अटठाईस में अमरीका में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत पहले दस स्थानों में जगह बनायेगा लखनऊ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ओलंपिक के लिए एक खिलाड़ी को तैयार करने में दस साल लग जाते हैं और हम इसी दिशा में काम कर रहें हैं श्री रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को खेल क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है उन्होंने कहा कि खेलों इंडिया के माध्यम से देश के सभी हिस्सों से कम उम्र में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण सहित सभी आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराने से भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन बेहतर होगा असम विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में आज संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस का अनुमोदन प्रस्तावित पारित हो गया इस विधेयक के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को अगले दस वर्षों तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण देने का प्रावधान है राज्यपाल जगदीश मुखी ने सदन में अपने अभिभाषण में कहा कि असम ब्रुनियादी क्षेत्र में बड़े निवेश का साक्षी है और सरकार ने मूल निवासियों के अधिकारों को रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है गुवाहाटी में चल रहे तीसरे खेलो इंडिया युवा खेलों में आज हरियाणा ने सत्रह वर्ष से कम उम्र की कबड्डी प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों की टीम ने स्वर्ण पदक जीते हैं लड़कियों की टीम में तामिलनाड़ को पच्चीस के मुकाबले बीस अंको के अंतर से जबकि लड़कों की टीम ने राय़स्थान को पैतालीस के मुकाबले छ ब्बीस अंको से पराजीत किया उत्तरप्रदेश के कार्तिक कुमार ने इक्कीस वर्ष से कम उम्र के लड़कों की दस हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता कार्तिक ने नया रिकार्ड भी बनाया असम की ग्रंगुत्री बोर्दोलई ने लड़कियों की साइक्लिंग स्पर्धा में स्वर्ण जीत सत्रह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की हॉकी स्पर्धा में असम ने पंजाब को एक के मुकाबले तीन गोल से हराया पदक तालिका में महाराष्ट्र कुल इकतालिस पदक जीतकर पहले स्थान पर ओर दिल्ली अट्ठाईस पदक जीतकर दूसरे स्थान पर आकाशवानी ईटानगर के क्षेत्रीय समाचार इकाई में कैज़ुल असाइनमेंट के आधार पर न्यूज एडिटर इंग्लिश न्यूज रीडर इंग्लिश और न्यूज रीडर कम ट्रांस्लेटर हिंदी की नौकरी के लिए राजधानी क्षेत्र ईटानगर में रहने वाले भारतीय मूल के इच्छूक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते है